प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार के लिए राष्ट्रीय स्रक्षा सर्वोपरि है एक हिन्दी दैनिक को दिए गये साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और अकांक्षाए महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इन्हें पूरा करना सरकार का मुल उद्देश्य है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लिए अनेक वायदे किए गये थे लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इसे प्रा करने साहस दिखाया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग वोट बैंक की राजनीति में शामिल है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर कई तरह की बयानबाज़ी कर रहे है उन्होंने कहा कि यह वही लोग है जिन्होंने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की भरप्र कोशिश की है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा कर रही है और भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के साथ साथ जनता का सारा पैसा विकास कार्यो में खर्च किया जा रहा है हाल ही में हई लिंचिंग की घटनाओं को द्र्भाग्यपूर्ण करार देते हए श्री मोदी ने अफसोस प्रकट किया कि कई लोग इस म्द्दे पर भी राजनीति कर रहे है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय इन घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है

इस सम्बोधन का प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटर्वक तथा द्रदर्शन के सभी चैनलों पर शाम सात बजे से पहले हिन्दी में और फिर अंग्रेजी में किया जायेगा आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्र क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसका प्रसारण करेंगे द्रदर्शन पर क्षेत्रीय चैनलों से इसे हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा

स्रक्षा बलों दवारा प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर स्रक्षा के प्ख्ता इंतजाम किए गए है व चैंकिंग की जा रही है हरयिाणा में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्त्रीय कार्यक्रम कल यमुनानगर में आयोजित किया जायेगा जहां राज्यपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी राष्ट्रीय घ्वज फहरायेंगे म्ख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे

प्रसार भारती ने स्वतंत्रता दिवस के सीधे प्रसारण के लिए ग्रगल तथा य्र टयूब के साथ करार किया है प्रसार भारती के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वैपति ने मीडिया को बताया कि यह करार डिजीटल उपस्थिति को बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों में से एक है श्री वैपति ने कहा कि गूगल के होमपेज पर ही लाइव स्ट्रीम विंडो दिखाई देगी ताकि लोगों को यू टयूब चैनल पर जाने के लिए किसी अलग लिंक को न ढूंढना पड़े उन्होंने कहा कि इस स्ट्रीम पर प्रधानमंत्री का भाषण विश्वभर के श्रोताओं के लिए उपलब्ध रहेगा उन्होंने बताया कि लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होते ही आकाश्वाणी पर प्रधानमंत्री का भाष्ण क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा

स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्रसारण की श्रूआत संगीतकार शंकर महादेवन द्वारा तैयार किए गए गीत से होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल हिसार में राज्य के पहले हवाई अड्डे का उदघाटन करेंगे राज्य के नागरिक उड़डयन मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि इसके साथ ही हिसार से चंडीगढ़ व दिल्ली की उड़ाने विधिवत रूप से हो जायेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आज आदमी को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाने के तहत देश में क्षेत्रीय कनैक्टीविटी बढ़ाने के लिए श्रू की गई उडान योजना से इस हवाई अड्डे को जोड़ा गिया है

इस अवसर पर श्री गड़करी ने कहा कि सरकार दवारा सड़क द्र्घटनाओं को कम करने को प्राथमिकता दी जा रही है उन्होंने कहा कि सड़क द्र्घटनाओं में मरने वालों की संख्या य्द्व में मरने वालों से कही अधिक है मंत्री ने कहा कि सड़क स्रक्षा को एक जन आंदोलन बनाना चाहिए श्री गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय को सड़क द्र्घटनाओं के दौरान अच्छी भूमिका निभाने वालों को राष्ट्रीय वीतरा प्रस्कार के लिए नामांकित करने के लिए विचार करने को कहा है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह निडर होकर द्र्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए श्री गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस विशेष वीडियो द्वारा सड़क स्रक्षा के बारे में जागरूकता ओर बढ़ेगी इस अवसर पर बोलते अक्षय कुमार ने कहा कि जब उन्हें सड़क द्र्घटनाओं का कारण बनने वाले असल तथ्यों का पता चला तो उन्होंने इस जागरूतकता अभियान में त्रंत भाग लेने का फैसला ले लिया स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ग्रप्तचर विभाग हरियाणा पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार राव को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति प्लिस पदक से सम्मानित किया गया तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजनिंग श्री विकास धनखड़ को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया

पदक विजेताओं की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर ख्शी व्यक्त करते हए श्री सन्ध् ने कहा कि हरियाणा प्लिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है जो समस्त राज्य प्लिस बल के लिए गौरव का विषय है उन्होंने कहा इस उपलब्धि से प्लिस पदक से अलंकृत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ राज्य प्लिस बल के अन्य जवानों का भी मनोबल और अधिक बढेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोकसभा के साथ विधानसभा च्नाव कराए जाने की मांग का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि देश के बड़े नेता भी च्नाव कराए जाने की वकालत कर चुके है

म्ख्यमंत्री ने आज स्बह रोहतक में कार्यकर्ताओं से भी म्लाकात की इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में म्ख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में इस बारे में म्हिम चल रही है उन्होंने कहा कि एक साथ च्नाव कराए जाने के बहत लाभ है और अगर यह सब होता है तो अच्छी बात है उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लेना होगा और संविधान में भी संशोधन करना होगा